राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पुलवामा आतंकी हमले के मामले में आरोप पत्र किया दाखिल

उधर श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संकमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन ने इसके चलते आज से एक अभियान शुरू कर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है

इन लोगों पर पाकिस्तान के इशारे पर हमला कराये जाने का आरोप है

इसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर उसके भाई अब्दुल रौफ असगर अमर अल्वी और भतीजे उमर फारूक का नाम शामिल है

प्रवेश संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आज जारी की जाएगी विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा

नए सत्र में पत्रकारिता और जनसंचार में तीन वर्षीय स्नातक पाठयक्रम भी शुरू किया जा रहा है राजस्थान में यह पाठ्यक्रम शुरू करने वाला हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय पहला राज्य विश्वविद्यालय होगा

इसे और अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली किया जाएगा कौशल नियोजन उद्यमिता और रोजगार विभाग के शासन सचिव डॉ नीरज के पवन की अध्यक्षता में कल जयपुर में इस संबंध में बैठक हुई बैठक में डॉ पवन ने बताया कि रोजगार संदेश में सरकारी नौकरियों के विज्ञापनों की सूचनाओं के साथ साथ निजी क्षेत्र की नामचीन कंपनियों में भर्तियों की सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी

हाल ही में बेरूत में हुए विनाशकारी विस्फोट को देखते हुए हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर राज्य और केंद्र को जवाब तलब करते हुए प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में जब्ती के बाद रखे गए अमोनियम नाइट्रेट और ऐसे ही अन्य विस्फोटक पदार्थों की मात्रा का ब्यौरा देने को कहा था कल अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया

अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा है कि अधिक मूल्य के इन नोटों का चलन घट रहा है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

इससे पहले कल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई कल जैसलमेर जयपूर बांसवाड़ा और टोंक जिलों में अच्छी बरसात हुई जालौर जिले में आज सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है